मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान दक्षिण बिहार समेत प्रदेश के कई हिस्सों में जतायी अच्छी बारिश की संभावना

प्रदेश में दो सौ पचास मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगेगा

राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज सुबह से बारिश हो रही है मौसम विभाग ने कहा है कि ट्रफलाइन प्रदेश के ऊपरी हिस्से से गुजर रही है जिसके प्रभाव से अगले चौबीस घंटों के दौरान अच्छी बारिश की संभावना बनी हुयी है इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका जतायी गयी है प्रदेश में अब वजपात की घटना से तीस से पैंतालीस मिनट पहले लोगों को इकसी सूचना मिल जायेगी इसके लिये राज्य सरकार ने एक निजी कंपनी के साथ करार किया है आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि अभी वज्रपात पूर्व चेतावनी प्रणाली का उपयोग आंध्र प्रदेश कर्नाटक ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य कर रहे हैं उन्होंने बताया कि सिस्टम के माध्यम से यह पता चल जायेगा कि वज्रपात की घटना कहां होने वाली है इसके बाद उस इलाके के लोगों को मोबाइल एप्प और एसएमएस के माध्यम से इसकी जानकारी दी जायेगी प्रदेश में सिपाही बहाली के लिये होने वाली लिखित परीक्षा में कम से कम तीस प्रतिशत अंक लाने वाले अभ्यर्थी ही शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे इस संबंध में गृह विभाग द्वारा संशोधित नियमावली जारी कर दी गयी है नियमावली में कहा गया है कि लिखित परीक्षा सिर्फ शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये क्वालिफाइंग होगी साथ ही सिपाही भर्ती के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटर होगी जिला प्रलिस बल और बिहार सैन्य प्रलिस बल की रिक्तियों के लिये नियुक्ति की प्रक्रिया एक साथ होगी प्रदेश में दो सौ पचास मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगेगा उप मुख्यमंत्री सूशील कुमार मोदी ने बताया कि इसके लिये निविदा प्रक्रिया शुरू हो गयी है उन्होंने कहा कि इस प्लांट से उत्पादित बिजली सरकार खरीदेगी श्री मोदी ने कहा कि भविष्य में और सोलर पावर प्लांट लगाये जायेंगे जिससे की कोयले से उत्पादित बिजली पर निर्भरता कम की जा सके उन्होंने कहा कि सरकार सोलर प्लेट से बिजली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये कई कदम उठा रही है रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि तकनीकी खराबी या सर्वर के काम नहीं करने के कारण यदि एटीएम से पैसे नहीं निकलते हैं तो यह मुफ्त लेनदेन में नहीं गिना जायेगा बैंक ने यह भी कहा है कि रकम की जानकारी प्राप्त करने गलत पिन डालने सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी और कम्यूनिकेशन के खराबी के कारण भी यदि पैसे नहीं निकलते हैं तब भी इसे मुफ्त लेनदेन में नहीं गिना जायेगा पंचायती राज मंत्री कपिलदेव कामत ने कहा है कि प्रदेश में निर्मित होने वाले एक हजार चार सौ पैंतीस पंचायत सरकार भवनों में से सात सौ के लिये जमीन उपलब्ध हो गयी है शेष अन्य पंचायतों में एक पखवाड़े के अंदर जमीन की पहचान हो जायेगी उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दो अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर नये पंचायत सरकार भवनों की एक साथ आधारशिला रखेंगे राज्य सरकार ने कहा है कि इस साल के अंत तक प्रदेश के सभी सार्वजनिक जल स्त्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कर लिया जायेगा मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि हवाई सर्वे के दौरान प्रदेश में नब्बे हजार तालाबों का पता चला है इनमें से आधे से अधिक तालाब सार्वजनिक हैं और इन पर अतिक्रमण है उन्होंने कहा कि अतिक्रमित सभी सार्वजनिक तालाबों जलाशयों और आहर पईन को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिये संबंधित जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है राज्य सरकार ने सभी नगर निकायों से वर्षा जल संचयन के लिये किये जा रहे निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत वर्षा जल संचयन का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है पटना जीपीओ में दो करोड़ रूपये की हयी हेराफेरी के मामले में पांच कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है विभागीय सूत्रों ने बताया कि अब तक की जांच के दौरान पांच कर्मियों की संलिप्तता सामने आयी जिन्हें निलंबित कर विभागीय कार्रवाई की अनूशंसा की गयी है सभी दस्तावेजों को सील कर दिया गया है साथ ही डाक विभाग ने स्पष्ट किया है कि ग्राहकों के पैसे पूरी तरह सुरक्षित हैं कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी को उनकी पहली पुण्यतिथि याद कर रहा है नई दिल्ली में वाजपेयी जी के समाधि स्थल सदैव अटल पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने उन्हें श्रद्वांजलि दी अटलबिहारी वाजपेयी तीन बार प्रधानमंत्री रहे उनका पहला कार्यकाल उन्नीस सौ छियानवे में केवल तेरह दिन का था जबकि दूसरा कार्यकाल उन्नीस सौ अंठानवे से उन्नीस सौ निन्यानवे तक ग्यारह महीने का था और तीसरी बार वे उन्नीस सौ निन्यानवे से दो हजार चार तक पूरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने रहे वाजपेयी जी को दो हजार पंद्रह में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया हमारे संवाददाता ने बताया कि महान नेता की याद में पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने पटना स्थित राजकीय आयुर्वेद कॉलेज सहित प्रदेश के चार आयुर्वेदिक कॉलेजों में बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एण्ड सर्जरी में नामांकन की स्वीकृति दे दी है राज्य के जिन अन्य आयुर्वेद महाविद्यालयों में नामांकन की अनुमति दी गयी गयी है उनमें राजकीय अयोध्या एस महाविद्यालय बेगूसराय स्वामी राघवेन्द्राचार्य टी आयूर्वेदिक महाविद्यालय गया और दयानंद आयूर्वेद कॉलेज सीवान शामिल हैं गया के विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले को लेकर केंद्र की महत्वाकांक्षी अमृत योजना के तहत तैयारियां जोरों पर है

कंद्र सरकार की ड्डदय योजना के तहत पवित्र पिंड वेदियों और सरोवरों को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है

आकाशवाणी समाचार के लिये गया से कमल नयन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इस वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप मिलेगा बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि उत्तीर्ण छात्र स्कॉलरशिप डॉट जीओवी डॉट इन पर आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि इकतीस अक्टूबर है राज्य सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को प्रत्येक महीने एक हजार रूपये पारितोषिक देने के लिये एक अरब बयासी करोड़ रूपये जारी कर दिये हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि निर्धारित छह में से कम से कम चार कार्यों को पूरा करने वाली आशा कार्यकर्ताओं को पारितोषिक की राशि दी जायेगी मुजफ्फरपुर के सौरभ मिश्रा का इंडिया ए क्रिकेट टीम में चयन हुआ है बीसीआई के मुख्य चयनकर्ता एम एस के प्रसाद की ओर सौरभ को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी गयी है वे इंडिया ए टीम के साथ दक्षिण अफ्रिका के दौरे पर बतौर बल्लेबाज जायेंगे

मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान दक्षिण बिहार समेत प्रदेश के कई हिस्सों में जतायी अच्छी बारिश की संभावना

प्रदेश में दो सौ पचास मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगेगा